राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शिक्षक दिवस पर प्रदान करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार बाड़मेर की गीता कुमारी भी होंगी पुरस्कृत

केन्द्र सरकार की किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्द्वन योजना के तहत बूंदी जिले में किया गया दो क्षेत्रों का चयन

प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर हुई अच्छी बारिश आज और कल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य में भी पूरे महीने विभिन्न गतिविधिया आयोजित की जायेगीं समेकीय बाल विकास विभाग की निदेशक डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आमजन को पोषण के बारे में जागरुक करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सितम्बर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है उन्होंने कह कि पोषण को जन आंदोलन बनाने के लिए कई कार्यक्रम होंगे

उन्होंने बताया कि इस माह के दौरान कपोषित और अतिक्पोषित बच्चों को चिन्हीत किया जाएगा ताकि उन्हें पोषक आहार दिया जा सके या जरूरत हो तो उनका उपचार कराया जा सके

इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे कोरोना के मद्देनजर समारोह पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है राजस्थान से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बाडमेर जिले की प्रबोधक गीता कमारी को चुना गया है उन्होंने पुरस्कार के लिए चेयनित होने पर खुशी जताई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी है श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं

न्यायालय ने फैसला किया कि पुराने आदेश पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है

हॉस्पिटल के बनने के बाद अन्य उपकरणों के लिए अलग से पैसे खर्च किए जाएंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी

ये अस्पताल शहर की ईएसआई डिस्पेंसरी के साथ खाली पड़ी जमीन पर बनाया जाएगा

जिले में उत्पादित होने वाले चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्र प्रसिद्धि दिलवाने के लिए बूंदी तालेड़ा और केशोरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र का निर्धारण किया गया है वहीं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति नैनवा और हिंडौली का चयन किया गया है

उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया प्रधानमंत्री आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे

आईपीएस प्रशिक्षओं ने दो साल का लंबा प्रशिक्षण पूरा किया है

वे कल अरूणाचल प्रदेश के टेंगा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गये थे जिला कलेक्टर ने बताया कि शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया जाएगा

इस बीच ब्रंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहलवाल पशु मेला निरस्त कर दिया है

कोरोना महामारी के कारण इन्हें बंद किया गया था अब रोडवेज द्वारा आगरा अलीगढ़ की बस सेवा शुरू की गई है इसके साथ ही सोरोंजी कासगंज हाथरस कोसीकलां और मानागढ़ी के लिए भी रोडवेज की बसे शुरू कर दी गई हैं जयपुर अलीगढ़ और मथुरा जयपुर सहित अन्य जगह से बसों की संख्या बढ़ाई गई है हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू होने से यात्री भार में भी बढ़ोतरी हो रही है

भरतपुर में आज दोपहर में जोरदार बरसात हुई इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया पानी सवाईमाधोपुर और टोंक में भी तेज बरसात हुई

इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोटा बारां झालावाड़ ब्रूंदी अजमेर भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ जयपुर राजसमन्द झुन्झुनू सीकर सवाईमाधोपुर टोंक बीकानेर चुरु जोधपुर नागौर जैसलमेर पाली जिलों में आज कहीं कहीं पर भारी वर्षा के आसार हैं विभाग ने कल अलवर भरतपुर दौसा जयपुर सीकर और झुंझुनू में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि अब इन जलाशयों में बारिश का पानी भरना शुरू हो गया है जो आने वाले समय में क्षेत्र को लोगों को बड़ी राहत देगा